पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाशत न करने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को सशक्त बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से बसने पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी सत्ता में आने पर एक लाख रूपये तक के लघु अवधि के नये कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी यह ऋण पांच वर्ष तक और मूलधन के जल्द भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा

लघु और सीमान्त किसानों के लिए साठ वर्ष की उम्र के बाद पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी

कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का घोषणापत्र केवल एक व्यक्ति पर केन्द्रित है जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र आम जनता को बढावा देने के लिए है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणापत्र के स्थान पर माफीनामा जारी करना चाहिए और पिछले पांच वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखाजोखा देना चाहिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी की समय सीमा आज समाप्त हो गई

याचिकाकर्ताओं ने निवार्चन क्षेत्र के किसी भी एक बूथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी चुनौती दी है

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैम्पल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है

भाजपा प्रत्याषी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने टोंक से दीया कुमारी ने राजसमंद से पीपी चौधरी ने पाली से देवजी पटेल ने जालोर से देवजी पटेल कैलाष चौधरी ने बाडमेर से अर्जुन लाल मीणा ने उदयपुर से ओम बिरला ने कोटा से पर्चे दाखिल किये

बहजन समाज पार्टी के पंकज चौधरी ने बाडमेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने नागौर से और भारतीय ट्राइबल पार्टी के कांतिलाल ने बासवाडा सीट से नामांकन भरा है

भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का प्रचार अभियान अब गति पकड़ने लगा है दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की ओर से राज्यभर में जनसभाएं करने का दौर शुरू हो गया है बाड़मेर में ही भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी सभा आयोजित हुई जिसे भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर सहित वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया

उन्होंने कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया

बैठक में चारों जिलों के कलेक्टर ने अपने यहां की तैयारियां और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी श्री आनंद कुमार ने जिलाधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए

इसके अलावा मतदाता जागरूकता बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया

बीकानेर में आज श्रमिकों ने शत प्रतिशत मतदान की शपथ ली

चूरू में मतदाता जागरूक अभियान के तहत आज गांवों में नए जुड़े मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी गई नागौर जिले के लाडनू में नवरात्रा मतदान सप्ताह का आयोजन कर विभिन्न विभागों विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मतदान का संदेश दिया जा रहा है

महिलाओं ने ईसर और गंवर की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की महिलाओ ने गंवर गीत गाए नृत्य किया जयपुर में आज परम्परागत तरीके से गणगौर की सवारी निकाली गई जिसे देखने के लिए शहर के अलावा राज्य के कई इलाकों से लोग जयपुर पहंचे पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए इस सवारी को देखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं कीं नागौर में बखत सागर तालाब पर मेला लगा